प्रदेश में कोविड उन्नीस संक्रमितों की संख्या बढ़कर आठ हजार पचास हो गयी है कल एक सौ सतावन नये मरीजों की पुष्टि हुई नये मामलों में सबसे अधिक पैंतीस की पटना से पुष्टि हुई है समस्तीपुर से बत्तीस नवादा से चौदह बांका से नौ मुजफ्फरपुर से आठ मधेपुरा से छह और औरंगाबाद सीवान वैशाली और मुधबनी से पांच पांच मामले पॉजिटीव पाये गये हैं सुपौल शिवहर और लखीसराय से चार चार भागलपुर जमुई और कटिहार से तीन तीन पूर्णियां पश्चिम चम्पारण और मुंगेर से दो दो तथा भोजपुर दरभंगा जहानाबाद सारण नालंदा और सहरसा से एक एक मामले सामने आये हैं वहीं पिछले चौबीस घंटे में दो मरीजों की मौत के बाद मृतकों की संख्या चौवन पर पहुंच गयी है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले चौबीस घंटे में दो सौ साठ मरीजों को उपचार के बाद छ्रट्टी दी गयी स्वस्थ होने वालों की संख्या छह हजार सत्ताईस हो गयी है स्वस्थ होने की दर बढ़कर पचहत्तर प्रतिशत हो गयी है इस बीच अब तक पीएमसीएच के नौ चिकित्सकों के पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है इसमें सबसे अधिक स्त्री रोग विभाग की छह चिकित्सक हैं इसके अलावा पीएमसीएच की दो नर्स और पैथोलॉजी विभाग का एक टेक्नीशियन भी कोरोना संक्रमित पाया गया है देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर चार लाख छप्पन हजार एक सौ तिरासी हो गई है वहीं देश भर में अब तक दो लाख अंठावन हजार छह सौ पचासी रोगी ठीक हुए हैं मृतकों की कुल संख्या चौदह हजार चार सौ छिहत्तर हो गई है स्वास्थ्य विभाग ने चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों को बिना लक्षण वाले कोरोना संक्रमण की स्थिति में चौदह दिनों के होम आईसोलेशन का निर्देश दिया है इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने कुछ शर्तों के साथ दिशा निर्देश जारी कर दिये हैं दिशा निर्देश में कहा गया है कि यह सुविधा तभी मिलेगी जब उनके घर पर आईसोलेशन और अन्य पारिवारिक सदस्यों को क्वारेंटीन करने की सुविधा उपलब्ध होगी साथ ही होम आईसोलेशन के दौरान उन्हें नियमित रूप से स्वास्थ्य की देखभाल करनी होगी और इस संबंध में विभाग को नियमित अंतराल पर सूचित करना होगा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने सभी संबंधित राज्य सरकारों सार्वजनिक और निजी संस्थानों और अस्पतालों को कोविड उन्नीस की जांच बढाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी है परिषद ने विभिन्न जांच एक साथ करने को कहा है जिनमें सीरो सर्वे के लिए रियल टाईम पीसीआर त्वरित एंटीजन टेस्ट और एंटीबॉडी टेस्टिंग शामिल है आईसीएमआर ने कहा है कि कोविड उन्नीस का संक्रमण रोकने और लोगों का जीवन बचाने के लिए जांच करना संक्रमण का पता लगाना और उपचार ही एकमात्र उपाय है परिषद ने संक्रमण की रोकथाम के लिए संक्रमित व्यक्तियों के सम्पर्क में आए लोगों का पता लगाने की प्रणाली को भी मजबूत करने की आवश्यकता जतायी है पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने कहा कि कोविड उन्नीस मामलों में भारत दुनिया के अन्य देशों से बेहतर स्थिति में है बाईट अब तक जो नतीजे निकले हैं उससे पता चलता है कि ये वायरस का प्रभाव रोकने में हम काफी कामयाबी हासिल कर चुके हैं दूसरे देशों के मुकाबले में आज का हालात जो है उसमें कोई संशय नहीं है कि हमारा हालात दूसरे देशों के मुकाबले में बेहतर है इस वायरस को डट का मुकाबला देने में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सरकारी कोविड अस्पतालों को पचास हजार मेड इन इंडिया वेंटीलेटर की आपूर्ति के लिए पीएम केअर्स फंड से दो हजार करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं

ये वेंटिलेटर महाराष्ट्र दिल्ली गुजरात बिहार कर्नाटक और राजस्थान को दिये गये हैं

इसके अलावा प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक हजार करोड़ रूपये पहले ही जारी किये जा चुके हैं इस सहायता का उपयोग प्रवासियों के आवास भोजन चिकित्सा उपचार और परिवहन की व्यवस्था के लिए किया जाएगा

गुजरात दिल्ली पश्चिम बंगाल बिहार मध्य प्रदेश राजस्थान और कर्नाटक को भी अनुदान जारी किये गये हैं

भारतीय रेल नियमित रेलगाड़ियों में इस वर्ष चौदह अप्रैल या उससे पहले लिए गये सभी टिकटों की धनराशि पूरी तरह वापस करेगा रेलवे ने एक बयान में कहा है कि ऐसे सभी टिकट रद्द कर दिये जायेंगे और मौजूदा प्रावधानों के अनुसार प्री धनराशि वापस की जायेगी लॉकडाउन की अवधि से अब तक प्रदेश में चार लाख छियासठ हजार योजनाओं के तहत लगभग आठ करोड़ मानव दिवस रोजगार का सुजन किया गया है सूचना और जन सम्पर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने यह जानकारी दी नेपाल ने बिहार सरकार को अपने भू भाग में गंडक नदी के सुरक्षा बांधों पर बाढ़ निरोधात्मक काम करने की अनुमति दे दी है पश्चिमी चम्पारण के जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने बताया कि भारत और नेपाल के अधिकारियों के बीच हुई बैठक में इस बात पर सहमति बनी नेपाल प्रशासन ने सीमित शर्तों के साथ मरम्मत कार्य करने की अनुमति दी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को नेपाल प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर कोसी गंडक कमला और अन्य नदियों पर बाढ़ सुरक्षा के काम जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने तटबंधों की मजबूती के लिए पौधारोपण का भी निर्देश दिया उन्होंने बाढ़ निरोधात्मक कामों में उपयोग होने वाली सामग्रियों का पर्याप्त भण्डारण सुनिश्चित करने को भी कहा है मौसम विभाग ने आज से उनतीस जून तक प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवा में नमी और झारखंड में बने ट्रफ लाईन के बिहार में प्रवेश करने से भारी बारिश की स्थिति बन रही है जारी पूर्वानुमान में कहा गया है कि आज से छब्बीस जून तक किशनगंज अररिया कटिहार पूर्णियां सुपौल मधुबनी सीतामढ़ी और दरभंगा जिले के कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है वहीं सत्ताईस जून से उनतीस जून के बीच दरभंगा सहरसा मधेप्रा पूर्णियां कटिहार समस्तीप्र गोपालगंज सीवान और मुजफ्फरपुर में एक दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका है मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मद्देनजर आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छब्बीस जून को विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे बैठक में राष्ट्रीय दलों के साथ साथ राज्यस्तरीय मान्यता प्राप्त दलों को भी आमंत्रित किया गया है उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भारत चीन सीमा पर शहीद हुये भोजपुर के जवान चंदन कुमार के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें पच्चीस लाख रूपये का चेक सौंपा श्री मोदी कल शहीद जवान के गांव ज्ञानपुरा पहुंचे और उनके परिजनों को हर सम्भव मदद का भरोसा दिया पन्द्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर केन्द्र की ओर से बिहार को पहली किस्त के रूप में एक हजार दो सौ चौवन करोड़ रूपये की राशि मिली है पहली किस्त की मिलने वाली पचास प्रतिशत राशि की जगह इस बार पच्चीस प्रतिशत राशि ही दी गयी है यह राशि पंचायती राज संस्थाओं के बीच विकास कार्यो के लिए वितरित की जायेगी भोजपुर जिले के हसन बाजार चौकी क्षेत्र में पदस्थापित एक दारोगा तीन होमगार्ड जवान और एक चालक को अवैध वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया गया है आरोप है कि गिरफ्तार प्रलिसकर्मी भोजपुर रोहतास सीमा पर वाहनों से अवैध वसूली करते थे वहीं जिले के गरहनी थाने में पदस्थापित एएसआई वाहिद अली को एक मामले में पक्षकार से दस हजार रूपये घूस मांगने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है दूसरी तरफ पूर्वी चंपारण जिले के तुरकौलिया थाना के पूर्व थानाध्यक्ष नवनीत कुमार और उनके चालक पर शराब कारोबारी से सांठ गांठ रखने और बरामद शराब की हेराफेरी करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है राज्य सरकार ने सभी स्तर के कार्यालयों में कार्यालय परिचारी पिऊन की नियुक्ति के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये हैं इसमें कहा गया है कि जिन अभ्यर्थियों के पास कम से कम दो सौ चालीस दिनों का कार्य अनुभव है उन्हें निय्रक्ति में प्राथमिकता दी जायेगी शैक्षणिक योग्यता आठवीं से बढ़ाकर मैट्रिक कर दी गयी है इन पदों के लिए सौ अंकों की लिखित परीक्षा का आयोजन होगा दिल्ली विश्वविद्यालय अपने विभिन्न पाठयक्रमों में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा का पटना में भी आयोजन करेगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की ओर से यह जानकारी दी गयी है शिक्षा विभाग ने पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी से निजी स्कूलों द्वारा लॉकडाउन की अवधि से अब तक अभिभावकों से शुल्क लिये जाने का ब्योरा मांगा है पिछले दिनों एक निजी विद्यालय प्रबंधन द्वारा अभिभावकों से शैक्षणिक शुल्क के साथ साथ यातायात शुल्क और अन्य मदों के लिए भी शुल्क वसूले जाने का वीडियो वायरल होने के बाद प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने यह आदेश दिया है मुजफ्फरपुर से पुलिस ने बैंक लूटने वाले गिरोह के सरगना बिट्टू ठाकुर को उसके सहयोगियों के साथ गिरफ्तार किया है इस गिरोह की पश्चिम बंगाल और बिहार में हुई बैंक लूट की कई घटनाओं में तलाश थी पूर्वी चंपारण जिले के चकिया वन क्षेत्र में हरित क्रांति योजना अन्तर्गत सरकारी जमीन पर लगाये गये एक सौ तिरसठ पेड़ों को काटने के मामले में केसरिया थाना में पैंतीस लोगों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है गोपालगंज जिले के नगर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक आभूषण व्यवसायी से दो लाख रूपये लूट लिये प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में शराब तस्करों के खिलाफ चलाये गये अभियान के तहत पश्चिम चम्पारण से चार जमुई से दो सुपौल बांका और कैमूर से एक एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है मौके से भारी मात्रा में शराब भी बरामद की गयी है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने राजद के पांच विधान पार्षदों के जदयू में शामिल होने और वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफे की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है प्रभात खबर लिखता है राजद में फूट रघुवंश ने छोड़ा उपाध्यक्ष का पद आठ में से पांच विधान पार्षद जदयू में शामिल हिन्दुस्तान की सुर्खी है विधान परिषद की सीटों के चुनाव के लिए गौस कुमुद और भीष्म जदयू के प्रत्याशी होंगे दैनिक जागरण ने एलएसी से सेनाएं पीछे हटाने पर भारत चीन के राजी होने की खबर को पहले पन्ने पर स्थान दिया दैनिक भास्कर लिखता है भारत से लोग इस बार हज के लिए नहीं जा सकेंगे आज और राष्ट्रीय सहारा ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों के सेना के साथ मुठभेड़ की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है और अब अंत में मुख्य समाचार प्रदेश में कोविड उन्नीस संक्रमितों की संख्या बढ़कर आठ हजार पचास हुई